प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की

आन्ध प्रदेश अरूणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम लक्षद्वीप अंडमान और निकोबार तेलंगाना और उत्तराखंड के सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पहले चरण में शामिल हैं सुको वीवीपैट उच्चतम न्यायालय ने आगामी आम और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल वीवीपैट सेंपल सर्वे की संख्या एक से अधिक किए जाने के बारे में गुरूवार तक जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की युगलपीठ ने इस बारे में गुरूवार शाम चार बजे तक जवाब पेश करने को कहा है पीठ का कहना है कि वो वीवीपैट बढाए जाने के पक्ष में है लेकिन इसका मतलब किसी पर आक्षेप लगाना नहीं बल्कि मतदाताओं को संतुष्ट करना है

रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि डिजिटल भुगतान को और लोकप्रिय बनाने तथा फिनिटैक के माध्यम से वित्तीय समावेश बढ़ाने के उद्देश्य से पांच सदस्यों की समिति नियुक्त की गई है उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ने समिति से तीन महीनों में सुझाव देने का अनुरोध किया है श्री दास नई दिल्ली में नीति आयोग की ओर से आयोजित वित्तीय टैक्नोलॉजी कॉनक्लेव फिनिटैक के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इस अवसर पर कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सौ खरब डॉलर वाली बनाना चाहता है जो फिनटैक क्षेत्र में क्रांति लाये बिना संभव नहीं हो सकता आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव सुभाषचन्द्र गर्ग ने कहा कि इस समय लगभग हर खाताधारी डिजिटल प्रणाली से जुड़ा है सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के करीब तीन सौ प्रतिनिधियो ने भाग लिया ई उपार्जन प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं चना मसूर जैसी रबी फसलों की खरीदी शुरू हो गई है

वहीं आगर मालवा में आज से समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी शुरू हो गई है टीकमगढ़ जिले में भी आज से गेहूं चना की समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी है खरीदी के बाद गेहूं सरकारी गोदामों में पहुंचते ही किसानों के बैंक खातों में राशि डाली जायेगी इसके लिए किसानो के ई पेमेण्ट प्रोफाइल अपडेट किये जा रहे हैं

तीन तलाक उच्चतम न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक दिए जाने की व्यवस्था को दंडनीय बनाए जाने के बारे में जारी अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है प्रधान न्याायाधीश रंजन गोगोई वाली पीठ ने केरल के एक संगठन की संबंधित याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है

श्री मोदी ने कई टवीट संदेशों में देशभर के मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार और मित्रों से भी रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने को कहें उन्होंने कहा कि इसका राष्ट्र के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव होगा श्री मोदी ने खेलकृद मीडिया और बॉलीवुड से भी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की अपील की उन्होंने मतदाता जागरूकता के नवाचार अभियानों में लगे लोगों से हैशटेग वोट कर एंड ट्रगेदर का उपयोग कर अपने अनुभवों का ब्यौरा साझा करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि हर एक को अधिक से अधिक संख्या में मतदान सुनिश्चित कराने का प्रयास करना होगा

कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना से पांच करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहंचेगा उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने इस योजना के बारे में कई अर्थशास्त्रियों से सलाह मशविरा किया है और इसके आर्थिक पहलू का अध्ययन कर लिया गया है श्री गांधी ने कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना होगी उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गरीबों के उत्थान के प्रति वचनबद्ध है उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच सालों के दौरान गरीब लोग पीड़ित हुए हैं उनकी पार्टी की सरकार उनको न्याय दिलायेगी रंगपंचमी प्रदेश के मालवांचल के इन्दौर उज्जैन समेत पूरे क्षेत्र में आज रंगपंचमी की धूम दिखाई दी महाकालेश्वर मंदिर से सुबह अबीर गुलाल से रंगपंचमी की शुरुआत हई भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने महाकाल के दर्शन कर रंगपंचमी मनाई इस अवसर पर भगवान महाकालेश्वर का विशेष श्रंगार किया गया इंदौर में आज लोग रंग गुलाल से सराबोर होकर गेर में शामिल हुए इस दौरान रंग गुलाल की होली खेली गई राजधानी भोपाल में भी आज शहर के पुराने क्षेत्र में चल समारोह के साथ रंगपंचमी मनाई गई जगह जगह हुरियारे टोलियों में रंग खेलते दिखाई दिये हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए विशेष इंतजाम किये गये थे उधर आगर मालवा मे भी आज फाग यात्रा निकाली गई गेर में घोड़े ढोल नगाड़ों के साथ हुरियारों ने गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को रंगपंचमी की बधाई दी हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंगपंचमी पर युवाओं के साथ बच्चों में भी रंग खेलने को लेकर उत्साह देखा गया पन्ना के एतिहासिक प्राणनाथ मंदिर में फूलों की होली खेली गई अशोकनगर जिले के करीला में आज से तीन दिवसीय मेला शुरू हो गया है श्योपुर में भी रंगपंचमी मनाई गई वहीं राज्य के मंदसौर रतलाम और अन्य जिलों से भी रंगपंचमी मनाने की खबरें हैं

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव में जिलों के छात्र छात्राएं शिक्षक और आयोजक अधिकारीकर्मचारी शामिल हो रहे हैं इस दौरान बच्चों को वन्य प्राणियों जंगल से जुड़ी जानकारियों पर आधारित आयोजन किया जायेगा

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब आमने सामने होंगे मैच आठ बजे शुरू होगा

इनमे जिला पुलिस बल के साथ विशेष सशस्त्र बल की टुकड़ियां भी शामिल थीं संभागायुक्त ने उमरिया जिले मे शराब की अवैध बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिये है कटनी जिले में मादक पदार्थो के अवैध परिवहन पर निगरानी के लिए विभिन्न थाना क्षेत्र अन्तर्गत उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है